प्रदेश के आयकर दाता राशन कार्ड धारकों को अब पहले की तरह अनुदानित दरों पर मिलेगा आटा व चावल कांग्रेस पार्टी ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रदेश भर में किया विरोध प्रदर्शन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

इस अवसर पर बनीखेत के पधर मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार क्षेत्र में बेहतर संपर्क सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है उन्होंने कहा कि डलहौजी में पर्यटन की अपार संभावनाएं मौजूद हैं और सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि प्रदेश में उपलब्ध सभी संभावनाओं का पूरी तरह दोहन हो सके जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के संतुलित विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत है इस बीच चंबा में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मास्क अप इंडिया अभियान के तहत प्रदेश में भी एक विशेष अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है ताकि लोगों का कोरोना महामारी से बचाव किया जा सके

जयराम ठाक्र ने कहा कि प्रदेश में कोरोना से जंग जारी रहेगी और विकास कार्यों को भी गति दी जाएगी मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से प्रदूषण मुक्त दीवाली मनाने का आहवान भी किया राशन प्रदेश में आयकरदाता राशन कार्ड धारकों को अब आटा और चावल अनुदानित दरों पर पहले की तरह मिलता रहेगा खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के एक प्रवक्ता ने शिमला में बताया कि आयकर दाताओं को राज्य अनुदानित योजना के तहत दाल तेल नमक व चीनी बिना अनुदान के पूर्ण लागत मूल्य पर मिलेंगे प्रवक्ता ने बताया कि सरकार ने आयकरदाताओं के जो राशन कार्ड ब्लॉक कर दिए थे उन्हें फिर से सुचारू कर दिया है उन्होंने बताया कि दाल तेल नमक और चीनी के मूल्य निर्धारित होने के बाद ये सभी वस्तुएं भी आयकरदाता परिवारों को डिपुओं में उपलब्ध होगी सुरेश भारद्वाज शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज शिमला के उत्कृष्ट केन्द्र महाविद्यालय संजौली में छात्राओं के लिए निर्मित किए जाने वाले छात्रावास के लिए चयनित भूमि का निरीक्षण किया

सुरेश भारद्वाज ने कहा कि इस संबंध में विभिन्न औपचारिकताओं को पूरा किया जा रहा है और जल्द ही इसका निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा उन्होंने अधिकारियों को छात्रावास के जल्द निर्माण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए स्वास्थ्य मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री राजीव सैजल ने आज पालमप्र के होल्टा में विवेकानंद चिकित्सा संस्थान व कायाकल्प का दौरा किया इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री व ट्रस्ट के अध्यक्ष शांता कुमार भी मौजूद रहे इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री को ट्रस्ट में चलाई जा रही कायाकल्प योग नेच्रोपैथी पंचकर्मा फिजियोथेरेपी और निरंतर निष्किय गति जैसी प्राकृतिक चिकित्सा के तहत आने वाली गतिविधियों के बारे में अवगत कराया गया स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्राकृतिक चिकित्सा समय की मांग है और इसका और अधिक प्रचार करना जरूरी है उन्होंने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को दी जा रही सुविधाओं के लिए संस्थान के प्रयासों को सराहा इस दौरान शांता कुमार ने कहा कि कायाकल्प देश के सर्वोतम संस्थानों में एक है जहां नेचर क्योर की सभी विधाओं से उपचार किया जा रहा है

परमार विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने आज सुलह विधानसभा क्षेत्र की मरहूं पंचायत में पौने तीन करोड़ रूपए की विभिन्न योजनाओं के शिलान्यास व उदघाटन किए इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए परमार ने कहा कि सुलह क्षेत्र का समग्र और संतुलित विकास ही उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है

कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने बढ़ती मंहगाई के खिलाफ आज प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किया शिमला जिला कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर की अध्यक्षता में उपायुक्त कार्यालय शिमला में धरना प्रदर्शन किया इस अवसर पर कुलदीप राठौर ने कहा कि केंद्र व प्रदेश की भाजपा सरकार की गलत नीतियों के कारण आज देश बर्बादी की कगार पर खड़ा है उन्होंने कहा कि बढ़ती मंहगाई और सरकार की जनविरोधी नीतियों ने देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह चौपट कर दिया है राठौर ने कहा कि सरकार ने कोरोना संकटकाल में बस किराए सहित रसोई गैस और बिजली पानी की दरों में वृद्धि कर लोगों को मंहगाई के बोझ तले दबा दिया है उन्होंने सरकार से बढ़ी हुई दरों को तुरंत वापिस लेने की मांग भी की धूमल भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने आज समीरपुर में हैंडीक्राफ्ट टैक्नीकल ट्रैनिंग प्रोग्राम का शुभारम्भ किया इस मौके पर उन्होंने कहा कि तकनीकी यूग की शुरूआत के साथ जहां काफी काम आसान हुए हैं वहीं एक शिल्प निर्मित युग की भी शुरूआत हुई है ध्रमल ने कहा कि अपने हाथ से बनाई व सिखाई चीजों में एक ओर जहां विश्वास बढ़ता है वहीं इसका असर भी बढ़िया होता है ध्रमल ने कहा कि चंबा का रूमाल आज भी अंतर्राष्ट्रीय पहचान रखता है और कला की एक अदभूत मिसाल माना जाता है

स्वयं सहायता समूह राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ऊना जिला ग्रामीण विकास विभाग द्वारा गठित महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए जा रहे उत्पादों को दीवाली बाजार में शामिल किया गया है महिलाओं द्वारा मिट्टी के दीये मोमबत्ती शहद पापड़ और खिलौने जैसे अनेक उत्पाद बनाए जाते है जिन्हें स्थानीय लोग बेहद पसंद कर रहे हैं और इससे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के वोकल फॉर लोकल के नारे को लोगों का समर्थन मिल रहा है जिला ग्रामीण विकास अभिकरण ने ऊना शहर में इन उत्पादों की बिक्री के लिए स्थान व स्टॉल का प्रबंध किया है महिलाओं का कहना है कि प्रदर्शनी में लगाए गए उत्पादों की बिक्री से उन्हें लाभ मिल रहा है

उन्होंने पांगी घाटी में विद्युत आपूर्ति की समस्या से निजात दिलाने की मांग करते हुए आग्रह किया कि घाटी में पावर हाउस स्थापित किया जाए हरीश शर्मा ने जिले के दुग्ध उत्पादन से जुड़े किसानों की आर्थिकी को मजबूत करने के लिए दग्ध प्रौसेसिंग प्लांट लगाने की भी मुख्यमंत्री से मांग की मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमण्डल को उनकी समस्याओं के जल्द समाधान का आश्वासन दिया

माकपा ने राज्य सरकार से मांग की है कि कोरोना से निपटने के लिए युद्ध स्तर की रणनीति बनाकर काम करें